आज सूचना व जनसंपर्क विभाग की बैठक की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को नवाचार सोच को अपनाना चाहिए उन्होंने अधिकारियों को मीडिया कर्मियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाने को भी कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग अलग खबरें तैयार करने की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं को व्यापक कवरेज मिल सके जयराम ठाक्र ने महामारी के दौरान मीडिया की ओर से पूछे जाने वाले प्रशनों के जबाव के लिए बेहतर तंत्र विकसित करने को भी कहा ओपीडी इस बीच मुख्यमंत्री ने आज आईजीएमसी शिमला का दौरा कर यहां निर्माणधीन नई ओपीडी की प्रगति की जानकारी हासिल की इस ओपीडी का उपयोग कोरोना मरीजों के ईलाज के लिए किया जाएगा

जयराम ठाक्र ने कहा कि ट्रामा वार्ड का कार्य भी पूरा होने वाला है और विपरीत परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल भी कोरोना मरीजों के ईलाज के लिए किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने े राज्य के लोगों इस महामारी से लड़ने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया अनुराग केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कोरोना महामारी की समीक्षा की उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार एक जुट होकर प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि इस संसदीय क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं अनुराग ठाकुर ने आयुर्वेद अस्पताल हमीरपुर में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने आश्वासन किया कि कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करेगी वित्त राज्य मंत्री ने टेली मेडिसन केंद्रों की उपयोगिता बढ़ाने पर भी जोर दिया अनुराग ठाकुर ने बाद में कांगड़ा जिला में भी कोरोना महामारी की समीक्षा की और कहा कि केंद्र व राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि भाजपा सरकार पूरी तरह असंवेदनशील हो गई है और उसके पास कोरोना संकट से निपटने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा है कि प्रदेश में सामुदायिक कोरोना संक्रमण की स्थिति चल रही है लेकिन सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए अभी तक एक भी राहत शिविर शुरू नहीं किया है इस कारण खासकर मजदूर और दिहाड़ीदार वर्ग को बहत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है राठौर ने कहा है कि कांग्रेस ने सभी जिलों और ब्लॉक स्तर पर गांधी हैल्प लाईन स्थापित कर दी है यहां से लोग किसी भी प्रकार की मदद हासिल कर सकते हैं

रेलवे के फिरोजपुर के डीआरएम राजेश अग्रवाल ने बताया कि रेलवे ने प्रदेश सरकार के आग्रह पर ये परिचालन बंद किया है प्रदेश सरकार ने कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्वि को रोकने के लिए राज्य में परिवहन सेवाओं को अगले आदेशों तक स्थागित कर दिया है पठानकोट जोगिन्द्र नगर रेल लाईन पर इन दिनों दो रेल गाड़ियां चल रही थी टिफिन सेवा प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने आज से शिमला चंडीगढ़ सड़क पर कैथलीघाट के समीप वाटिका भोजनालय में राज्यस्तरीय टिफिन सेवा शुरू की सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा कि ये टिफिन सेवा कोरोना मरीजों और कोरोना योद्दाओं के लिए शुरू की गई है

त्रिलोक कपूर वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कोरोना महामारी से लड़ने के आज नगर निगम पालमपुर के आयुक्त पंकज शर्मा को सेनिटाईजिंग में काम आने वाले स्प्रे पम्प सेनिटाईजर और पीपीई किटस भेंट किए कपूर ने इस मौके पर कहा कि सरकार द्वारा जारी कोरोना एसओपी के अनुपालन और सकारात्मक सहयोग से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सकेगा उन्होंने लोगों से प्रशासन को सहयोग देने की अपील की